राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेशभर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रन फोर वन दौड़ लगायी गयी

प्रदेश की राजधानी और देश और दुनिया में गुलाबी नगर के नाम से विख्यात जयपुर के परकोटे को विश्व विरासत में शामिल कर दिया गया है

इस सूची में जयपुर का नाम इस शर्त के साथ जोड़ा गया है कि परकोटे के अंदर की सफाई पार्किंग और ट्रेफिक जैसी सुविधाओं की स्थिति बेहतर की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किये जाने पर खुषी जाहिर की है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर संस्कृति और वीरता से जुडा शहर है सुंदर और उर्जावान जयपुर का अतिथि सत्कार सबको लुभाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि यह बहुत गर्व की बात है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

कल वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा देश में उतनी ही समृद्धि होगी

जयपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरूआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की इस अवसर पर उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नये भारत का निर्माण करने को लेकर संकल्पबद्द है श्री सिंह ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से भाजपा का संकल्प था कि भारत को दुबारा विश्व गुरू के पद पर आसीन किया जाए कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अध्यक्ष की तलाश है और यह पता नहीं है कि पार्टी किसके नेतृत्व में चल रही है

जयपुर के शास्त्रीनगर में मासुम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी सिकन्दर उर्फ जीवाणु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

दुष्कर्म और हत्या के अन्य मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी

आरोपी को पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार किया है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला प्रदेश के दो दिन के दौरे पर है लोकसभा अध्यक्ष आज जयपुर में पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया और कार्य व्यवहार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राजस्थान विधानसभा की नई वैबसाइट और मोबाईल एप्लीकेशन का भी लोकार्पण किया जायेगा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए आज प्रदेशभर में रन फोर वन दौड़ का आयोजन किया गया

इस आयोजन के माध्यम से आमजन को पौधा लगाने के साथ साथ पौधों को गोद लेकर उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया दौड़ में भाग लेने वालों को प्राधिकरण की ओर से पौधा और प्रमाण पत्र वितरित किया गया

इधर प्रदेश में भी मानसून के और आगे बढ़ने से राजधानी जयपुर सहित कई जगह कल इस मानसून की पहली बारिश हुई

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बहत भारी और भारी बारिश हई है झालावाड़ में कई जगह तेज बरसात के बाद नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है चूरू में बारिश के बाद खेतों में किसानों की गतिविधियां लगातार बढने लगी हैं झुंझुनू करौली धौलपुर सवाईमाधोपर जिलों में कई जगह बारिश के समाचार हैं

अब भारत सीधे सेमीफाइनल में उतेरेगा